श्रीमती सीतारमण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में रुस पर सैन्य साजो सामान के लिए ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंध कानून का उल्लेख करते हए कहा कि यह अमरीका का अपना कानून है न कि संयुक्त राष्ट्र का उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर अमरीका से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है रक्षामंत्री ने कहा कि रुस के साथ भारत के रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और सरकार ने हाल में भारत आए अमरीकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में स्पष्ट कर दिया है

हस्ताक्षर के बाद इसके लागू होने में ढ़ाई से चार वर्ष तक का समय लग सकता है रुस पर अमरीकी प्रतिबंधों के कारण इस सौदे को लेकर भारत में चिंता बढ़ती जा रही थी अमरीका ने दो हजार सोलह के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रुसी हस्तक्षेप को देखते हुए रुस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी भारत अपने वायु रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए विशेष रुप से चीन के साथ लगभग चार हजार किलोमीटर की सीमा के लिए लम्बी दूरी की मिसाइल प्रणाली खरीदना चाहता है भारत और चीन के बीच समुद्री मामलों के बारे में द्रसरी वार्ता कल चीन के पेइचिंग में हुई इसमें समुद्री सुरक्षा तथा सहयोग समुद्री अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया भारत प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया दोनों पक्षों ने दोनों के बीच राजनीतिक तथा रणनीतिक विश्वास को मजबूत करने की दिशा में समुद्री सहयोग और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया ईटानगर में कल राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने संबंधित विभाग से दिसम्बर महीने के भीतर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम सौभाग्य के अन्तर्गत राज्य में चवालीस हजार आठ सौ छह घरों को बिजली देने को सुनिश्चित करने को कहा मुख्य सचिव ने विद्युत आयुक्त और डीसीएफ को जिले में सौभाग्य परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश देने को कहा बैठक में उन्होंने बताया कि सौभास्य परियोजना के तहत पंटह असस्त तक नामसाई जिला परी तरह से विद्युतिकृत हो जाएगा सांसद निनोंग इरिंग ने केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया ये बात श्री इरिंग ने कल पासीघाट में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कही ईस्ट सियांग जिले में चल रहे सभी प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सभी योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने को कहा बैठक में नारी कोयु विधायक केन्तो रिना और विधायक तातुंग जामोह भी उपस्थित थे

खोन्सा में आयोजित बैठक में जिला उपायुक्त ने द्रकान मालिकों से तेरह अगस्त के भीतर अपने दुकान के परिसर में सीसीटीवी केमरा लगाने का निर्देश दिया है उन्होंने शराब की दुकानों से कम उम्र के बच्चों को शराब की बिक्री न करने और सरकार द्वारा अधिसूचित ड्राई डे को मनाने को भी कहा जिला उपायुक्त ने यह बैठक जिले में छोटे दुकानों और होटलों में भारतीय निर्मित विदेशी शराब की अनाधिकृत बिक्री और युवाओं द्वारा परित्याग भवनों में शराब ले जाने की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया था लोअर सुबनसिरी जिले के स्थानीय लोगों ने कल लोअर जोराम से अपर जोराम के राजमार्ग से लगे गांजे की खेती को पूरी तरह से नष्ट किया भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में नशे के खिलाफ आयोजित इस अभियान में सभी क्षेत्र से लोगों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह छियालिसवीं कड़ी होगी लोग नरेन्द्र मोदी ऎप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम के प्रसारण में शामिल किया जा सकता है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

आज का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया